बारह अन्य झुलसे

भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान टू को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर प्रथ्वी के चारों ओर प्रारंभिक कक्षा में भेज दिया गया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से चन्द्रयान टू को शक्तिशाली ब्रस्टर जी एस एल वी मार्क थ्री से दिन में दो बजकर तैंतालीस मिनट पर छोड़ा गया आकाश में जाने के मात्र सोलह मिनट के भीतर ही चंद्रयान टू ने निर्दिष्ट चंद्र कक्षा में प्रवेश कर लिया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव के समीप चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग कराने के बाद ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रयान टू के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को पूरे देश की ओर से बधाई दी है अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से छात्रों को प्रेरणा मिलेगी सभी भारतीयों को इसरो की इस सफलता पर गर्व है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों सैनिकों मजदूरों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ रही है एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पचास दिन पूरे होने के अवसर पर जावड़ेकर ने नई दिल्ली में कहा कि लोग अब आश्वस्त हैं कि सरकार के पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरे कार्यकाल में सुधार कल्याण और न्याय की गति में तेजी आई है

किसान जवान नौजवान मजदूर मध्यमवर्ग व्यापारी शोध भारत के पड़ोसी देशों से संबंध निवेश संशाधनों का विकास भ्रष्टाचार के खिलाफ जोर से लड़ाई और समाजिक न्याय ये मुझे लगता है कि पचास दिन की सबसे मुख्य बाते हैं जावड़ेकर ने कहा कि पचास दिनों के अन्दर मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं जो बुनियादी ढांचा शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में तेज गति से विकास के रोडमैप को प्रदर्शित करते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने पचास दिनों के भीतर सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाये हैं जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया है

पांच लाख करोड़ डॉलर की इकॉनोमी बनने की दिशा में ये भरसक प्रयास है हमारे संवाददाता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले पचास दिनों में उठाए गए साहसिक कदमों की जानकारी दी है साउंड बाईट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद घोषणा की कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा के साथ काम करने के लिए संकल्पबद्ध है मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में उन्होंने कई ऐतिहासिक और साहासिक निर्णय लिए सबसे पहला फैसला उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के हित में लिया

आतंकवादी और नक्सली हमलों के दौरान शहीद होने वाले राज्य पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी इस योजना के तहत लाया गया किसानों के लिए पेंशन योजना को भी मंजूरी दी गई

सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लाने का फैसला किया गया

नसीम नकवी आकाशवाणी समाचार विधानसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने सारण जिले में भीड़ द्वारा पीट पीटकर की गयी हत्या के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया विपक्ष के हंगामे के कारण सभा की कार्यवाही निर्धारित समय से पूर्व ही स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों ने इस मुददे पर चर्चा कराने की मांग की अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने इसकी इजाजत नहीं दी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तय समय पर इस मामले को उठाएं अभी प्रश्नकाल चलने दें प्रश्नकाल समाप्त होते ही विपक्ष के सदस्य फिर हंगामा करने लगे स्थिति शांत नहीं होता देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक दोपहर दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी हंगामे के कारण सदन में शून्यकाल और ध्यानाकर्षण भी नहीं लिये जा सके प्रदेश में आज अरवल औरंगाबाद बेगूसराय और जमुई जिले में अलग अलग स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात की घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गयी जबकि बारह अन्य गंभीर रूप से झुलस गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि अरवल में अलग अलग घटनाओं में वज्जपात की चपेट में आकर तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये औरंगाबाद जिले में खेत में काम करने के दौरान गम्हौर थाना क्षेत्र में एक महिला की मृत्यु हो गयी और सात अन्य घायल हो गये इधर बेगूसराय जिले के चकिया मल्हिपूर गांव में वजपात के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गये वहीं जमुई जिले के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरा गांव में वज़पात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गयी खगड़िया जिले में भी आज विभिन्न स्थानों पर दोपहर के समय तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में रूक रूक कर हो रही बारिश के कारण प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का संकट गहरा गया है उत्तर बिहार में नदियों के जलस्तर में फिर व्रद्धि होने लगी है मुजफ्फरपुर दरभंगा मधुबनी और सीतामढ़ी में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण मुजफ्फरपुर शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है शहर के सिकंदरपुर लकड़ीढ़ाही झीलनगर और छोटी भगवतीपुर सहित बीस से अधिक मुहल्लों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है दरभंगा के शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का दबाव बना हुआ है मब्बी और सुंदरपुर सहित आधा दर्जन मुहल्लों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर जलमग्न हो गया है सीतामढ़ी के सोनबर्षा में झीम और लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ने से कई नये इलाकों में पानी फैलने लगा है समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक और बागमती नदी में उफान जारी है वहीं सीमांचल में नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद बाढ़ प्रभावित लोग अब राहत शिविरों से अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं बाढ़ से बारह जिलों के एक सौ चार प्रखंडों में लगभग तिहत्तर लाख लोग प्रभावित हुए हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ के कारण अब तक एक सौ दो लोगों के मौत की खबर है एक लाख चौदह हजार से अधिक लोग विभिन्न राहत शिविरों में शरण लिये हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामचंद्र पासवान का अंतिम संस्कार पटना के दीघा स्थित जनार्दन घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया रामचंद्र पासवान के बड़े पुत्र कृष्ण चंद्र पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान अश्विनी कुमार चौबे लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव राज्य सरकार के कई मंत्री विधायक पार्षद समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने दिवंगत सांसद को अंतिम विदाई दी इससे पहले उनका पार्थिव शरीर नई दिल्ली से पटना लाया गया

बाद में अंतिम दर्शन के लिये उनका पार्थिव शरीर पटना स्थित लोजपा कार्यालय में रखा गया जहां पार्टी कार्यकर्ताओं समेत विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने रामचंद्र पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किये रविवार को नई दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था समस्तीपूर की अदालत ने दो हजार पांच के मंजू देवी हत्याकांड मामले में राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को उम्रकैद की सजा सुनायी है कोर्ट ने दोषी पर पच्चीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है इधर शेखपुरा जिले की त्वरित अदालत ने चर्चित जूनियर इंजीनियर उज्ज्वल राज हत्याकांड के पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है अदालत ने सभी पर दस दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है सावन की पहली सोमवारी को लेकर प्रदेश में विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है राज्य के विभिन्न मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है

बारह अन्य झुलसे